पटना उच्च न्यायालय के आदेश को किया निरस्त

और मौसम विभाग ने प्रदेश के बत्तीस जिलों में लू का अलर्ट जारी किया

नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ नहीं मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबध में पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया है न्यायाधीश ए एम सप्रे और उदय यू ललित की खण्डपीठ ने फैसला सुनाते हुये कहा कि नियोजित शिक्षक सामान्य शिक्षकों के श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है गौरतलब है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संगठनों ने पटना हाई कोर्ट में समान काम के लिए समान वेतन को लेकर याचिका दायर की थी जिसमें न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था न्यायालय ने राज्य सरकार को साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समान वेतन देने का निर्देश दिया था लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बारह मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया इस चरण में आठ संसदीय क्षेत्रों वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज में मतदान होना है इस चरण में एक करोड़ अड़तीस लाख से अधिक मतदाता सोलह महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सताईस उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे सबसे अधिक बाईस बाईस उम्मीदवार पूर्वी चम्पारण और वैशाली में जबकि सबसे कम आठ उम्मीदवार पश्चिम चम्पारण संसदीय क्षेत्र में हैं वहीं सबसे अधिक आठ महिला उम्मीदवार वैशाली संसदीय क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रही हैं इस चरण में इक्यावन निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं मतदाताओं की संख्या के दृष्टिकोण से गोपालगंज सबसे बड़ा जबकि पश्चिम चम्पारण सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं मतदान में पच्चासी हजार पांच सौ चुनाव कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जायेगा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तेरह हजार नौ सौ तिहत्तर पोलिंग ब्रथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं अर्द्वसैनिक बलों के साथ साथ सैप बिहार पुलिस और बीएमपी के जवानों की तैनाती की गयी है दो सौ बयासी मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग के जरिये मतदान प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जायेगा संवेदनशील ब्रथों पर माईक्रो आब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गयी है संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नेपाल से लगने वाली सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है वहीं उत्तर प्रदेश से लगने वाली गोपालगंज सीवान और पश्चिम चम्पारण जिले की अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील कर दिया गया है श्री गुप्ता ने बताया कि नक्सल प्रभावित वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकिनगर और रामनगर विधानसभा क्षेत्र तथा वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जायेगा अन्य क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक चलेगा छठे चरण के लोकसभा चुनाव में जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह भाजपा के संजय जायसवाल और रमा देवी प्रमुख हैं सीवान सीट पर दो महिला उम्मीदवारों जदयू की कविता सिंह और राजद की हिना शहाब के बीच सीधी टक्कर है छठे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार के आज अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वैशाली से एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थन में सरैया में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्ररी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने कभी समझौता नहीं किया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया वहीं पूर्वी चम्पारण के अरेराज में भाजपा प्रत्याशी राधामोहन सिंह के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं राधामोहन सिंह के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुये योगी आदित्य नाथ ने कहा कि कई ऐसे फैसले किये गये जिससे किसानों की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिवहर लोकसभा क्षेत्र के रीगा में आयोजित चुनावी सभा में केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने किसानों और गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके साथ धोखा किया है श्री यादव ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापरियों को भारी नुकसान हुआ है कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा और फिल्म अभिनेत्री नगमा ने वाल्मीकिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार के पक्ष में नरकटियागंज में चूनावी सभा को संबोधित किया भाकपा माले के नेताओं ने सीवान में पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया गोपालगंज संसदीय सीट पर इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है

एनडीए की ओर से जदयू ने जहां डाक्टरी के पेशे से जुडे आलोक कुमार सुमन को टिकट दिया है वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्थानीय कार्यकर्ता सुरेंद्र राम को मौका दिया है

गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होना सिंचाई की आधारभूत संरचना की कमी रोजगार की समस्या क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं जो गोपालगंज की चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से धर्मेन्द्र कुमार राय सातवें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है इस सिलसिले में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा लोकसभा क्षेत्र के संदेश और तरारी में भाजपा उम्मीदवार आर के सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया श्री कुमार ने बक्सर में भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे के पक्ष में प्रचार किया पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने फतुहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास के कई काम हुये वहीं पाटलिपुत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने अराप शाहपुर गोपलपुर और मोहमदपुर समेत कई गांव का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की आज हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी सुरेन्द्र प्रसाद यादव के समर्थन में करपी में चुनावी रैली को संबोधित किया पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने भी क्षेत्र का दौरा कर लोगों से समर्थन की अपील की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल पटना साहिब से पार्टी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के समर्थन में रोड शो करेंगे उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले का सद्भावपूर्ण समाधान निकालने के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति को पन्द्रह अगस्त तक का और समय दिया है मध्यस्थता समिति ने पूरी प्रक्रिया से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सौंपी जिसके बाद पीठ ने समिति को प्रक्रिया पूरी करने के लिए पन्द्रह अगस्त तक का समय दिया है मौसम विभाग ने प्रदेश के बत्तीस जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ सुपौल अररिया किशनगंज पूर्णियां सहरसा और मधेपुरा जिले लू की चपेट में नहीं है शेष जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान लू की स्थिति बनी रहेगी वहीं बारह मई से प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जतायी गयी है

पटना उच्च न्यायालय के आदेश को किया निरस्त

और मौसम विभाग ने प्रदेश के बत्तीस जिलों में लू का अलर्ट जारी किया